इससे पहले सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेजी से उभरी है उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस श्रू करने के लिए प्रर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दुनियाभर के भारतवंशियों का सबसे महत्वपूर्ण समागम है

जहां विश्व भर के नेता पांच दिन तक वैश्विक मुददों पर विचार विमर्श करेंगे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश पर चर्चा करेंगे श्री नाथ प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश में होने वाले सुधारों और भविष्य के दृष्टिकोण से भी रुबरू करायेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नाथ पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं

सिंधिया शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीब आधे घंटे की मुलाकात ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी हैं दोनों नेताओं की कल रात राजधानी भोपाल में मुलाकात हुई श्री सिंधिया श्री चौहान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे दोनों के बीच करीब आधा घंटे बातचीत हुई इस भेंट के बाद श्री सिंधिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनकी ये सौजन्य भेंट थी उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी को साथ मिलकर चलना है ऋण माफी जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिये प्रदेश के किसानों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है

जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरे नहीं गये है उनको इस अवधि में आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भरने को कहा गया है पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी सहायक संचालक और प्रभारी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं मौसम प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है दिन में जहां तेज धूप पड़ रही है वहीं रात में अभी भी ठण्डक बनी हुई है राज्य के कई जिलों में कल बेमौसम बारिश भी हुई शिवपुरी जिले में विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से शुरू हुई बारिश से एक बार फिर से जिले में ठंड बढ़ गई है गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज तड़के गरज चमक के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग ने इसे मावठा की बारिश बताया है जिससे गेंहूँ और चने की फसल को फायदा होने की उम्मीद है वहीं मुरैना में हल्की ठंडी हवाओं के बाद बौछारे पड़ी मौसम विभाग ने बारिश के बाद एक बार फिर यहां तापमान गिरने का अनुमान जताया है

इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है